अफगानिस्तान फिलिपिन्स और मलेशिया से आने वाले यात्रियों पर ं तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है आज दोपहर से इन देशों से भारत के लिए कोई उडान नहीं आएगी

इससे पहले केंद्र ने कल स्कूल कॉलेज जिम संग्रहालय तरणतालों सिनेमाघरों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस महीने के अंत तक बंद रखने का निर्णय लिया था और इस संबंध में एक परामर्श राज्य सरकारों को भी भेजा था इसी परामर्श के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी सार्वजनिक स्थलों पर पचास से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए उन्होंने बडे स्तर पर जनजागरण अभियान चलाने का आहवान किया इधर कोरोना वायरस के संकमण को देखते हुए विदेश से भारतीयों को एयरलिफ्ट कर अलवर के ईएसआईसी हॉस्पिटल में लाने की तैयारी पूरी कर ली गई है

सेना ने उनके मनोरंजन के लिये लिये उच्च स्तरीय सुविधाएं मुहैया कराई हैं

जिला कलक्टर आनंदी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के बावजूद कुछ होटल और गेस्ट हाउस इनका पालने नहीं कर रहे थे

इन लोगों ने स्वेच्छा से परीक्षण में शामिल होने का निर्णय लिया है

गूजरात और राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों के दौरे के तहत वे आज दोपहर में जैसलमेर जिले के सीमावर्ती इलाकों का भी दौरा करेंगे इस दौरान वे तनोट में ऑपरेशनल गतिविधियों का जायजा लेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक करके सीमाक्षेत्र के बारे में फीडबैक लेंगे

इससे रिफाइनरी में तेल शोधन शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त क्रूड ऑयल उपलब्ध हो सकेगा और प्रदेश के बाहर से तेल का आयात नहीं करना पड़ेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल पचपदरा में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के निर्माणाधीन कायोँ की समीक्षा बैठक में यह बात कही श्री गहलोत ने कहा रिफाइनरी का निर्माण कार्य निर्घारित समय पर पूरा करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है इस कार्य के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति में किसी तरह की कमी नहीं आने दी जाएगी

देशभर के जादूगरों के प्रदर्शन के लिए ये उत्सव प्रसिद्ध है इसमें स्वांगों का प्रदर्शन और सवारियों को खासा महत्व रहता है पांच दिनों तक आयोजित हुए इस उत्सव को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह देखा गया